मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की आज जयपुर में हो रही है नीलामी प्राप्त राशि दी जाएगी शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्दधन के लिए गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने पर जल्द फैसला करेगी

उन्होंने कहा कि नवाचार और स्टार्टअप से नये भारत के निर्माण में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह और उपहारों की नीलामी का कार्यक्रम वीरांजली आज जयपुर में आयोजित हो रहा इस कार्यक्रम में नीलामी में मिली राशि को शहीदों के परिजनों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाएगा

श्री गहलोत ने लोगों से नीलामी में भागीदारी कर ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने का आहवान किया है उन्होंने आमजन से अपील की कि देश की सीमा की रक्षा के लिए शहादत देने वाले जवानों के परिवारों की मदद के लिए आम लोग आगे आकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में योगदान करें

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने जिले की द्धवा ग्राम पंचायत में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी के शिलान्यास कार्यक्रम में यह बात कही श्री डोटासरा ने कहा कि महाराव शेखाजी अकादमी पूरे प्रदेश में इस प्रकार का प्रशिक्षण देने वाली पहली सरकारी प्रशिक्षण अकादमी होगी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण अकादमी युवा सैनिक तैयार करने का काम करेगी इसमें पंजाब की तर्ज पर युवाओं को सेना में भर्ती होने का सैंद्वातिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे राज्य के युवाओं का सेना में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री तथा जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने आज जयपुर में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के एक कार्यक्रम में शिरकत की इस अवसर पर डाककर्मियों ने उनका स्वागत किया

दौसा जिले में निर्वाचन विभाग की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित किए जा रहे मत उत्सव सप्ताह का मैराथन दौड़ के साथ आज समापन हो गया

उधर बाड़मेर जिले में भी मतदाता जागरूकता के लिए रन फॉर वोट दौड़ का आयोजन किया गया इसमें पुलिस और एनसीसी कैडैटस के साथ आम नागरिकों ने भाग लिया लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ जिले में सेक्टर अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया शिविर में सेक्टर अधिकारियों को मतदान की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया प्रदेश में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोडने के लिये दो दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है

राज्य सरकार गौवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए गौशालाओं को दिया जा रहा अनुदान बढ़ाने पर जल्द फैसला करेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित पहले राज्य स्तरीय गौरक्षा सम्मेलन में प्रदेशभर से आए गौशाला संचालकों उनके प्रतिनिधियों और गौसेवक संत महात्माओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अभी जो अनुदान देती है वह गायों के लिए पर्याप्त नहीं है उन्होंने कहा कि गौशालाओं को इस साल की पहली तिमाही का अनुदान जल्द ही जारी कर दिया जाएगा इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं साथ ही सूखा प्रभावित जिलों में जल्द ही चारा डिपो खोले जाएंगे

यह चादर कल नयी दिल्ली में श्री मोदी ने अजमेर से पहंचे दरगाह कमेटी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सौंपी वार्ता महाशिवरात्रि का पर्व कल प्रदेशभर में परम्परागत उल्लास से मनाया जाएगा इस बार महाशिवरात्रि सोमवार को होने की वजह से इसका विशेष महत्व माना जा रहा है राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के प्रसिद्ध शिव मन्दिरों में पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इस अवसर पर मन्दिरों में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इन्तजाम किए जा रहे है राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाशिवरात्रि की प्रदेशवासियों को शुभकामनाए दी है और कहा है कि ये पर्व समाज में समरसता के वातावरण का निर्माण करता है अलवर के बहरोड क्षेत्र में पुलिस ने करीब पन्द्रह लाख रूपये की अवैध शराब से भरा ट्रक बरामद किया पुलिस ने बताया की मुखबिर से सूचना पर राष्ट्रीय राजमार्ग आठ पर शाहजहांपुर के पास नाकेबंदी की गई थी इस दौरान हरियाणा की और से आ रहा द्रक नाकेबंदी तोड़कर भाग गया पुलिस ने इसका पीछा कर पकड़ लिया ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निर्मित विभिन्न ब्रांडों की अवैध शराब पाई गई